उपराष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू ने कुपोषण और पौष्टिक खुराक की कमी से निजात पाने के लिए पौषक खायान्नों का उत्पादन बढ़ाने पर ज़ोर दिया है हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा और राष्ट्रीय मीडिया प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण को मौलिक अधिकार न मानने के दिये गये फैसले पर सवाल उठाये है आज चंडीगढ़ में एक सड़क द्र्घटना में एक न्यायिक मैजिस्ट्रेट की मृत्यु हो गई जबकि एक अन्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट घायल हो गया राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने प्लवामा हमले के शहीदों को श्रदांजति दी है श्री कोविंद ने एक टवीट में कहा कि कृतज्ञ राष्ट उन बहाद्र सैनिकों की शहादत को सलाम करता है जिन्होंने पिछले साल पुलवामा में आंतकी हमले में अपनी जान गंवा दी थी उन्होंने कहा कि भारत हर तरह के आंतकवाद को खत्म करने के लिए कृत संकल्प है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी प्लवामा हमले के शहीदों को भावभीनी श्रद्वांजलि दी है

एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि वे असाधारण जवान थे जिन्होंने देश की सेवा और रक्षा के लिए अपनी जान क्र्बान की उन्होंने कहा कि भारत उनकी शहादत को सदैव याद रखेगा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों को श्रद्वांजति भेंट की है एक टवीट में उन्होंने कहा कि भारत हमेशा इन जवानों और उनके परिवारों का ऋणी रहेगा जिन्होंने मात्रभूमि की संप्रभूता और अखंडता के लिए बलिदान दिया रक्षा मंत्री ने एक टवीट में कहा कि भारत उनकी शहादत को हमेशा याद रखेगा उन्होंने कहा कि पूरा देश आंतकवाद के खिलाफ एकजुट है और इस चुनौती के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए प्रतिबद्व है हरियाणा में आज पुलवामा के शहीदों को श्रद्वांजति देने के लिए विभिन्न जगहों पर श्रद्वांजलि समारोह आयोजित किये गये शहीदों का नमन करते हुये हरियाणा के सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण राज्य मंत्री श्री ओमप्रकाश यादव ने कहा कि अपने प्राणों की आहति देकर देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को किसी भी कीमत पर भुलाया नहीं जा सकता श्रीयादव आज नारनौल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सम्बोधन कर रहे थे

उधर भिवानी के नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक पर नेता जी सभाष बोस युवा जागृत सेवा समिति युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद हये सैनिकों को श्रद्वांजलि दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के आज उनकी जयंती पर याद किया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि वे एक असाधारण सहयोगी और एक उत्कृष्ट मंत्री थी उपराष्ट्रपति एम वैकेंया नायड् ने क्पोषण और पौष्टिक ख्राक की कमी की समस्या से निजात पाने के लिए पोषक खाद्यन्नों की उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है

उप राष्ट्रपति ने प्रसन्नता जताई की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बीमारी रोधक और पोषक तत्वों से भरपूर कई किस्म की फसलों की उत्पादन की दिशा मे उल्लेखननीय प्रगति की है उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन कृषि के लिए गंभीर खतरे के रूप मे उभरा है श्री नायडू ने कहा कि धान की फसल से मीथेन उत्सर्जन का आकलन भारतीय कृषि अनुसंधान की सबसे उत्कृष्ट उपलब्धियों में से एक है जो जलवायु परिवर्तन संधियों में भारत के हितों की रक्षा मे सहायक हो सकता है उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत में बासमती की खेती में पुसा बासमती किस्मों की सबसे ज्यादा काश्त की जाती है

हरियाणा कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा और राष्ट्रीय मीडिया प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति से सम्बिधत लोगों का मौलिक अधिकार न मानने के फैसले पर सवाल उठाये है उन्होंने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुये कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला संवैधानिक संशोधन के मुताबिक नहीं है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार बताते ह्ये कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार की ओर से पहंचे वरिष्ठ वकीलों रंजीत कुमार पी वी नरसिम्हा और मुकुल रोहतगी ने जो दलीलें दी उसी के आधार पर ये फैसला आया है उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला नहीं कर सकता उन्होंने सरकार पर कमज़ोर वर्गो के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हये कहा कि कांग्रेस के लोग इसके खिलाफ याचिका दाखिल कर चुके है श्री सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ने प्रधानमंत्री से मांग की कि वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी तय कर उन्हें वर्खास्त करें और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी रद्द करवाये नहीं तो अध्यादेश लाकर अनुसूचित जाति के लोगों को उनका हक दिलाये उन्होंने हरियाणा सरकार पर कमज़ोर वर्गो के विरूद्व काम करने का आरोप भी लगाया और कहा कि हरियाणा में सरकार के साढ़े चार वर्ष के कार्यालय में तीन हजार सात सौ के करीब अन्सूचित जाति के लोगों के उत्पीडन के मुकदमें दर्ज हये है श्री सुरजेवाला ने पुलवामा हमले को लेकर भी सवाल उठाये है पुलवामा के शहीदों को नमन करते हये उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से पुलवामा हमले की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का मांग की और पूछा कि हाल ही में पकड़े गये डीएसपी दविन्द्र सिंह की इस कांड में कोई भूमिका थी दिल्ली के चुनाव परिणामों पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुडडा के बयान पर उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इन्कार दिया

मौके पर पहंची पुलिस ने घायल न्यायिक मैजिस्ट्रेट को अस्पताल में भर्ती करवाया पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार द्र्घटना आज सुबह करीब तीन बजे ह्ई मृतक न्यायिक मैजिस्ट्रेट की पठानकोट के साहिल सिंगला जबकि घायल हये न्यायिक मैजिस्ट्रेट पहचान की पहचान अमृतसर क पाहलप्रीत सिंह के तौर पर हई है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्डभिवानी से संबद्ध सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी वार्षिक परीक्षा हेतु शहीद सैनिकों के आश्रित परीक्षार्थियों खिलाड़ी परीक्षार्थियों एवं दिव्यांग परीक्षार्थियों को बोर्ड ने विशेष छूट दी है बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि जिन विद्यालयों में सैकेण्डरीसीनियर सैकेण्डरी के खिलाड़ी परीक्षार्थी हंै जो बोर्ड परीक्षाओं के दौरान राष्ट्रीयअंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लेने हेतु देश में कहीं बाहर या विदेश जाने के कारण लिखितप्रायोगिक परीक्षा नहीं दे सकते उन्हें बोर्ड द्वारा छूट दी जा रही है